मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून हुआ कमजोर

राज्य में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है बाढ़ से उनासी प्रखंडों के पांच सौ इकहत्तर पंचायतों के लगभग छब्बीस लाख लोग प्रभावित हुये हैं प्रभावित जिलों में शिवहर सीतामढ़ी पूर्वी चम्पारण मध्रबनी अररिया किशनगंज सुपौल दरभंगा मुजफ्फरपुर सहरसा कटिहार और पूर्णियां शामिल हैं अब तक बाढ़ के पानी में डूबने से तैंतीस लोगों के मरने की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ से पीड़ित प्रत्येक परिवार को छह हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी जो उनके बैंक खाते में सीधे भेजा जायेगा उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होगी जितनी भी राशि की जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार खर्च करेगी श्री कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की छब्बीस टीमों को तैनात किया गया है एक सौ निन्यानवे राहत शिविर खोले गये हैं जिनमें लभगग एक लाख लोग शरण लिये हुये हैं उन्होंने कहा कि नौ सौ छिहत्तर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गयी है जहां से तैयार खाना लोगों को दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को तटबंधों की विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट एम्बुलेंस भेजा जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडये ने कहा है कि सिविल सर्जनों को आवश्यकता अनुसार बोट एम्बुलेंस को तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं श्री पांडेय ने कहा कि एक डॉक्टर और दो पारा मेडिकल कर्मी तैनात रहेंगे इस बोट से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच कै दस्त बुखार और पानी शुद्ध करने के लिए हैलोजन गोलियां बांटी जायेंगी गम्भीर मरीजों को नजदीक के अस्पताल में पहंचाया जायेगा उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर चल रहे हैं जहां दवा भी दी जा रही है उधर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राज्य में बाढ़ का पानी हटने के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत सात दिनों के अन्दर कर दी जायेगी मंत्री ने कहा कि कटिहार सहरसा समेत जिन जिलों में बाढ़ के कारण पुल बह गये है वहां पर बेली ब्रिज बनाया जायेगा आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि बाढ़ वाले इलाकों में युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है राहत शिविरों में खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा पशुओं की दवा और चारा की व्यवस्था की गयी है कोसी नदी में आई बाढ़ से पश्चिमी कोसी तटबंध का छह दशमवल आठ शून्य किलोमीटर का स्पर क्षतिग्रस्त हो गया है मुख्य अभियंता प्रकाश दास ने बताया है कि पश्चिमी कोसी तटबंध के स्पर पर नदी के ओवर टॉप करने से खतरा बढ़ गया है इसके साथ ही मधुबनी और मुजफ्फरपुर में दो स्थानों पर तटबंध ट्रट गये जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में बागमती नदी का पानी ड्ब्बाधार कटौंझा में खतरे के निशान को पार कर गया है जबकि मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है वहीं कमला बलान का जस्तर मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उधर अधवारा समूह के नदियों का पानी सीतामढ़ी के सुंदरपुर में खतरे के निशान से ऊपर है जबकि पूर्वी चम्पारण के गोवाबाड़ी में लालबकिया नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है इसी प्रकार पूर्णियां के ढेंगरा घाट में महानंदा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक सौ बहत्तर सेंटीमीटर ऊपर है जबकि अररिया में परमान नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के सभी नदियों के जलस्तर में अभी भी वृद्धि की सम्भावना बनी हुई है हमारे दरभंगा संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ पीड़ितों को तेजी से राहत पहुंचाई जा रही है जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने बताया कि सौ से अधिक सामुदायिक रसोई के माध्यम से अबतक लगभग बीस हजार लोगों को भोजन कराया जा चुका है बाढ़ के पानी में ड्रबने से तीन लोगों की मौत हो चुकी है उधर मुजफ्फरपुर संवाददाता ने कहा है कि जिले के औराई में बाढ़ के कारण बंदरा में दो सौ से अधिक घरों में बूढ़ी गंडक का पानी प्रवेश कर गया है जबकि कांटी प्रखंड के मध्रबन में आधा दर्जन घर ब्रूढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण पानी में बह गये जिले के सिवायपट्टी के शीतल पट्टी गाँव मे बाढ़ के पानी में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गयी है दरभंगा जिले में कमतौल जोगियारा में रेल पुल के ऊपर से बाढ़ के पानी से टूटे रेल पटरियों की मरम्मत की दी गयी है जिसके बाद देर रात से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गयी है सीनियर डीसीएम सह मीडिया प्रभारी बीरेन्द्र कुमार ने बताया कि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर बाढ़ का पानी आने के कारण उसके बचाव की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है दरभंगा जिले के कई प्रखंडों में आई बाढ़ के दौरान चलाये जा रहे राहत और बचाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है इसमें मध्य विद्यालय मोतीपुर और मध्य विद्यालय गंगौली के प्रधानाचार्य शामिल हैं शिक्षा विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों में नौवीं और दसवीं की पहली टर्मिनल परीक्षा स्थगित कर दी है जबकि राज्य के सभी राजकीय राजकीयकृत और प्रोजेक्ट हाई स्कूलों में नौवीं कक्षा में नामांकन की तिथि भी इकतीस जुलाई तक बढ़ा दी गयी है दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे बिहार में कमजोर पड़ गया है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे जबकि तापमान में औसतन एक डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है पूर्वी और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में ब्रंदाबांदी होने की भी सम्भावना बनी हुई है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एक सितंबर दो हजार पांच के प्रभाव से कर्मचारियों के लिए लागू नयी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार अपना अंशदान दस प्रतिशत से बढ़ा कर चौदह प्रतिशत करने जा रही है

वित्त मंत्रालय ने सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ की दर दस आधार बिन्द् घटाकर आठ प्रतिशत से सात दशमलव नौ प्रतिशत कर दिया है यह इस महीने की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा यह ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों रेलवे और रक्षा बलों की भविष्य निधि पर लागू होगा सारण जिले में मिड डे मील योजना में छात्रों की उपस्थिति में गड़बड़ी के कारण एक सौ तिहत्तर विद्यालयों के शिक्षकों पर पचास लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है एमडीएम के डीपीओ सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि जुर्माना नहीं देने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के वेतन और मानदेय से हर माह बीस प्रतिशत की राशि वसूली जायेगी

उन्होंने कहा कि कई बार चेतावनी देने के बाद भी अनियमितता नहीं रूकी तो यह कार्रवाई की गयी है पटना जिले के नौबतपुर के गवाय मोड़ के पास अपराधियों ने पटना से रांची जा रही कैश मैनेजमेंट कंपनी की पिकअप वैन और उसमें रखे अठारह लाख इकतालीस हजार के सिक्कों से भरे बोरे को लूट लिया एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि सभी सिक्के एक दो पांच और दस रुपये के थे जिनका वजन लगभग पन्द्रह क्विंटल था असम में चल रही अठाईसवीं सबजूनियर बेसबॉल प्रतियोगिता में बिहार बालक टीम ने अपने लीग मैचों में ओडिसा को आठ तीन हरियाणा को पांच दो और कर्नाटक को सात दो अंकों से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है इधर डॉक्टर आरपी सिंह मेमोरियल अंतर स्कूल अंडर फोर्टीन क्रिकेट प्रतियोगिता में किंग रॉयल पटना ने कंकड़बाग सीसी को छह रनों से पराजित कर दिया सावन के पहले दिन भागलप्र जिले के सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट से देवघर के बाबा बैद्यनाथ पर जलामिषेक के लिए कांवरियों का पहुंचना शुरू हो गया है भारी संख्या में कांवरियां सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर बाबाधाम पहुंच रहे हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में बाढ़ की विभिषिका की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है सीएम नीतीश कुमार ने विधानमंडल में की घोषणा पीड़ित परिवारों को छह छह हजार दैनिक जागरण ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के हवाले से लिखा है नई पेंशन स्कीम में अब चौदह फीसद अंशदान देगी राज्य सरकार दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है एक सौ उनचास साल बाद गुरू पूर्णिमा पर लगा चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखा प्रभात खबर ने गर्दनीबाग में ऑफिसर्स फ्लैट तीसरी श्रेणी के कर्मियों के फ्लैट निर्माण का मामला पर शीर्षक दिया है चिड़ियों व घोंसलों ने रोका नये सरकारी आवासों का निर्माण आज अखबार ने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन के पटना आगमन पर लिखा है पिछले जन्म में मैं बिहारी था

मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून हुआ कमजोर